हरियाणा के खेल मंत्री ने कहा कि पंचक्ला में खिलाडियों के लिए स्वास्थ्य लाभ केन्द्र और प्नर्वास केन्द्र की स्थापना की जायेगी

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

इस माध्यम से सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर मास्क का शत प्रतिशत इस्तेमाल व्यक्तिगत सफाई और स्व्च्छता पर बल दिया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय के पक्षधर थे उन्होंने कहा कि सामाजिक तौर पर पिछड़े और स्विधाओं से वंचित लोगों के उत्थान के लिए उनके प्रयास सबके लिए सदैव एक प्रेरणास्त्रोत रहेंगे उप राष्ट्रपति एक वैकेंया नायडू ने भी बाबू जगजीवन राम को श्रदधांजलि दी है श्री नायडू ने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक महान स्वतंत्रता सेनानी समाज स्धारक और क्शल प्रशासक थे श्री नायडू ने कहा कि कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं के साथ देश की सेवा की उप राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक तौर पर पिछड़े व सुविधाओं से वंचित लोगों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किये गये अनगिनत प्रयासों के लिए उन्हें सदैव याद किया जायेगा

सिरसा की रेलवे कालोनी के सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉ क्लदीप शर्मा ने बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान के तहत रेलवे कर्मचारियों और आमजन का टीकाकरण किया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सात तारीख को शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत वर्च्अल माध्यम से आयोजित की जायेगी

परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवाओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किये गये एग्जैम वारियरर्स नामक एक बड़े आंदोलन का एक हिस्सा है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यार्थियों उनके अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा से निपटने के उपाय सुझायेंगे

पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सदर थाना फतेहाबाद मे मामला दर्ज कर लिया है

पकड़े गये आरोपियों की पहचान मेवात के गांव खोरी कलां निवासी अज तथा राजस्थान निवासी मुकेश रवि और राधा के रूप में हुई है उन्होंने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के खिलाफ मादक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्ल्भगढ़ की राजीव कालोनी मे शहरी प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्र का उदघाटन किया

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें देने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि जहां डिस्पेंसरी की जरूरत है वहां डिस्पेंसरी बनाई जाती है और प्रदेश सरकार जरूरत के अनुसार अस्पतालों का निर्माण भी कर रही है हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि चोटिल खिलाड़ियों के लिए पंचकूला में एक पुर्नवास केन्द्र स्थापित किया जाएगा ताकि ऐसे खिलाड़ियों का ईलाज के बाद पूनः खेलने के लिए तैयार किया जा सकें इसके अलावा खिलाडियों के लिए राज्य का पहला स्वास्थ्य लाभ केन्द्र भी पंचकूला में बनाया जाएगा

इस मौके पर उन्होंने य्वाओं को नशे से दूर रहने और अपने जीवन में एक साकारात्मक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की नसीहत भी दी खेल मंत्री ने हैफेड की एक मांग का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही हैफेड की बैडमिंटन एकेडमी में प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी इसी प्रकार खेलो इंडिया पर बोलते हुये उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि पंचकूला में राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित किए जाने हैं हरियाणा में फसल की सरकारी खरीद के लिए काम निर्वघ्न जारी है

उनहोंने बताया कि खरीद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हैफेड व हरियाणा वेयर हाउसिंग ऐंजसी द्वारा की गई